भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए आज प्रदेश के सभी जिला और उपमंडल स्तर पर किया गया मैगा मॉक ड्रिल का आयोजन मॉनसून पकड़ेगा रफ्तार मौसम विभाग का कल और परसो प्रदेश में भारी से बहत भारी वर्षा का अलर्ट डुन्वेस्टर मीट विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरण ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नवम्बर में धर्मशाला में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए विदेश मंत्रालय फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा उन्होंने इन्वेस्टर मीट में पूरे विश्व के निवेशकों और व्यापार संघों को आमंत्रित किए जाने को राज्य सरकार की अनूठी और अनुकरणीय पहल भी बताया

वी मुरलीधरण ने कहा कि इस इन्वेस्टर मीट से राज्य में पर्यटन को नए पंख लगेंगे उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास रंग लाएंगे और हिमाचल वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में दुनिया के मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को मूर्त रूप दिया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर अधोसरंचना सुनिश्चित की गई है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से प्रदेश में रज्जू मार्ग परियोजनाओं को लागू करने के लिए पांच सौ करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृत करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने यह आग्रह आज दिल्ली में नितिन गडकरी के साथ एक भेंट में किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शहरों में सड़कों पर बढ़ते दबाव को कम करने और जनजातीय क्षेत्रों और ऊंचे दर्रो में सुगम परिवहन के लिए रज्जू मार्गों के उपयोग का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री ने बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और हिमाचल में सैन्य हवाई अड्डे की स्थापना की मांग की राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी इस मांग पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि प्राकृतिक खेती के लिए देश में अनुकूल माहौल तैयार हो गया है उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के बाद उत्तरप्रदेश और पंजाब में भी प्राकृतिक खेती को लेकर शुरूआत हो रही है राज्यपाल आज शिमला स्थित राजभवन में उनसे मिलने आए कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा और पद्म श्री सुभाष पालेकर से बातचीत कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि किसानों के आय के साधनों को बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए किसानों के खाद व कीटनाशकों पर खर्चों को कम करना जरूरी है कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने इस मौके पर कहा कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों की बिक्री के लिए कृषि विभाग शीघ्र अच्छा बाजार उपलब्ध करवाएगा पद्म श्री सुभाष पालेकर ने इस मौके पर कहा कि पूरे विश्व में प्राकृतिक खेती के उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध है उन्होंने कहा कि किसान बिना किसी खर्चे के अपने उत्पाद राष्ट्रीय स्तर पर और विदेशों में भेज सकते हैं

केंद्र ने प्रदेश सरकार की नई राहें नई मंजिले योजना के तहत ये धनराशि मंजूर की है योजना के तहत प्रदेश के अनछुए पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा इनमें जंजैहली चांशल और बीड़ बीलिंग क्षेत्र शामिल हैं गोविंद सिंह ठाकुर आज चार दिवसीय जंजैहली पर्यटन उत्सव के शुभारंभ के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जंजैहली पर्यटन महोत्सव से इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर लाने में मदद मिलेगी बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दे रही है इसके तहत खड़डों में व्यर्थ बहने वाले पानी को चैकडैम लगा कर किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा ये बात विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कही

इस मौके पर आई अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया दुर्घटना कुल्लू जिला के बंजार उपलमंडल के गुसैणी गांव के पास आज सुबह एक कार के गहरी खाई में गिर कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए डीएसपी कुल्लू आशीष शर्मा ने बताया कि मृतकों की पहचान बुद्धि सिंह और गोविंद के रूप में हुई है दोनों घायलों को बंजार अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है मॉक ड्रिल भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और उपमंडल स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया

इस दौरान संभावित भूकम्प से होने वाले नुक्सान से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया इसके लिए सभी स्थानों पर अलग अलग परिस्थितियां निर्मित की गई थी प्रधान सचिव राजस्व व आपदा प्रबंधन ओंकार शर्मा ने कहा कि मॉकड्रिल के दौरान हुए अनुभवों से किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी व प्रतिक्रिया आवश्यक है जिसमें सभी का सहयोग होना चाहिए शिमला में पांच स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि ये मॉकड्रिल किसी भी तरह की आपदा के दौरान उपजी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण का माध्यम बनी धरना वामपंथी दल माकपा ने प्रदेश में बढ़ रही बस दुर्घटनाओं पर रोक लगाने में सरकार के विफल रहने के मुद्दे पर आज राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया इस दौरान माकपा नेता ने आरोप लगाया कि प्रशासन ओवरलोडिंग के नाम पर लोगों को बसों से उतार रहा है इसका खामियाजा स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों तथा किसानों और बागवानों को भुगतना पड़ रहा है इस दौरान निगम के प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया कि ओवर लोडिंग के मुद्दे पर प्रशासन से बात की जाएगी वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि चंबा जिला की परंपरागत भेड़ नस्ल गददी गोट के संरक्षण के लिए सरकार जिले में एक फार्म बनाएगी यहां अच्छी नस्ल की भेडें तैयार कर किसानों को दी जाएगी ताकि उनकी आर्थिकी में तेजी से सुधार लाया जा सके वीरेंद्र कंवर आज चम्बा की भनौत पंचायत में भेड़ प्रजनन परिसर के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे यह परिसर अगले एक साल में बन कर तैयार हो जाएगा यहां भेड़ों की ब्रीडिंग करने के अलावा विदेशों से मेरिनो प्रजाति की भेड़ें भी आयात कर लाई जाएंगी जिन्हें किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज भी मौजूद थे राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बहुराष्ट्रीय स्की रिजॉर्ट जैसी कंपनियों के प्रदेश में बड़े होटल बनाने के करार पर चिंता जताई है राठौर ने आज शिमला में कहा कि इस तरह के करार प्रदेश के छोटे होटल कारोबार को चौपट कर सकते हैं राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी संस्थान से कंपनी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से पूर्व प्रदेश हितों का पूरी तरह ध्यान रखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के खिलाफ नहीं है लेकिन इसके आबंटन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और न ही प्रदेश हितों से खिलवाड़ होना चाहिए कांग्रेस इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर देश में राजनीतिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया है राठौर ने आज शिमला में एक ब्यान में कहा कि कभी सिद्वांतों की बड़ी बड़ी बाते करने वाली भाजपा आज अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य पार्टी के नेताओं को बड़े प्रलोभन देकर अपने साथ मिला रही है उन्होंने कहा कि कर्नाटक और गोवा में कांग्रेस विधायकों को भाजपा में शामिल करने के प्रयास निंदनीय है उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भाजपा सोची समझी साजिश के तहत काम कर रही है जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा मौसम प्रदेश में अभी तक धीमी चल रही मॉनसून में आने वाले दिनों में तेजी आने का अनुमान है

विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में मॉनसून की वर्षा संबंधी गतिविधियों में तेजी आएगी

इस अवधि में प्रदेश में अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी दर्ज की गई